और आज शिक्षक दिवस है

गोपालगंज में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह के आवास पर ठेकेदार की जिंदा जल कर हुई मौत के मामले में मुख्य अभियंता की गिरफ्तारी के लिए बिहार उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साठ से अधिक ठिकानों पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है पुलिस ने ठेकेदार रामाशंकर सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे अधीक्षक अभियंता जीतेन्द्र प्रसाद सिंह के आवास की कुर्की जब्त की इधर इस मामले में आज भी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के फ्लैट की कुर्की जब्ती की जायेगी औरंगाबाद के नवीनगर स्थित एनटीपीसी के सुपर थर्मल प्लांट से कल से बिहार को पांच सौ सत्रह मेगावाट बिजली मिलने लगेगी एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एनटीजीसी में पहली यूनिट तैयार होने के बाद दो यूनिटों का भी निर्माण कर रही है नवीनगर से बिजली मिलने पर बिहार को अब बाजार से कम बिजली खरीदनी पड़ेगी इस परियोजना की कुल लागत पन्द्रह हजार एक सौ बत्तीस करोड़ रूपये है परियोजना के पहले चरण में तीन इकाइयों से एक हजार नौ सौ अस्सी मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है

इस अवसर पर राज्य के ऊर्जा मेंत्री बीजेन्द्र प्रसाद यादव सांसद सुशील कुमार सिंह महाबली सिंह एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह उपस्थित रहेंगे राज्यपाल फागु चौहान ने विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमित वेतन तथा पेंशन भुगतान का आदेश दिया है राजभवन में आयोजित विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों और कार्यकलापों की अलग अलग समीक्षात्मक बैठक में कुलपतियों को यह निर्देश दिया गया छात्र संघ चुनाव को आवश्यक बताते हुए राज्यपाल ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन प्रा होने के एक माह बाद छात्र संघ चुनाव कराने को कहा है मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने पटना को जोड़ने वाले बिहटा सरमेरा सड़क निर्माण का कार्य छह माह में पूरा करने का निर्देश दिया है यह सड़क पटना बख्तियारपूर फोर लेन से तेलमर होते हुए नूरसराय तक बीस किलोमीटर लंबी और दस मीटर चौड़ी होगी मुख्यमंत्री ने इस सड़क के एलायमेंट की सहमति दे दी है इस सड़क के निर्माण से पटना से राजगीर की दूरी लगभग पन्द्रह किलोमीटर घट जायेगी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीस ए रामगढ़ से डियावां तक बीस किलोमीटर लंबी साढ़े पांच मीटर चौड़ी साठ करोड़ की लागत से बन रही सड़क का भी निरीक्षण किया इसका निर्माण कार्य दो हजार बीस तक पूरा करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा है कि राज्य में एक निश्चित समय सीमा में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सीएनजी में बदला जायेगा परिवहन विभाग की समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटना में ट्रायल के तौर पर दस वाहनों को सीएनजी से परिचालित कराया गया है उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रद्षण पर अंक्श लगाने के लिए सीएनजी वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जायेगा बैठक में साल के अंत तक पटना में ग्यारह सीएनजी स्टेशन खोलने का भी निर्णय लिया गया केन्द्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने अपने मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में इस महीने की पन्द्रह तरीख से एक ही बार इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक उत्पाद पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है दोनों विभागों के सचिवों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार श्री पासवान ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे इस प्रतिबंध को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करें मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में कम दबाव का केन्द बना हुआ है प्रदेश के छह जिलों में बायोटेक किसान हब विकसित कर किसानों की आमदनी दुगुनी करने की कार्ययोजना को मंजूरी दी गयी है इनमें औरंगाबाद बांका अररिया कटिहार पूर्णिया और खगड़िया जिला शामिल है केन्द्र सरकार के बायोटेकनोलॉजी विभाग की इस पहल को अपनाते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने कल तक कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति के लिए केन्द्र को सौंप देगा इसके अंतर्गत चयनित जिलों में पारम्परिक खेती कर रहे किसानों को उन्नत प्रजाति के मखाना केला उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से बकरीपालन और मध्मक्खी पालन तथा मशरूम की खेती से जोड़ा जायेगा खरीफ मौसम के फसल सहायता योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गयी है अब किसान तीस सितम्बर तक योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि इकतीस जुलाई से बढ़ाकर पन्द्रह सितम्बर कर दी गयी थी सहकारिता विभाग ने राज्य में बाढ़ और सुखाड़ को देखते हुए किसानों को एक और मौका देने का निर्णय लिया है आज शिक्षक दिवस है यह पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृ ष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार का वितरण करेंगे इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है राज्यपाल फागु चौहान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके सद्प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनायें दी हैं श्री कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है मुख्यमंत्री आज पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करेंगे इधर इस अवसर पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की मांग को लेकर आज शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों के खुले रहने के निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर कहा था कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूलों में हर हाल में शिक्षक उपस्थित रहेंगे जो शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी आधार अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केन्द्रों पर लोगों को पहले से ऑनलाईन समय लेना होगा यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अजय भूषण पांडेय ने कहा है कि जल्द ही देश के तिरपन शहरों में एक सौ चौदह सेवा केन्द्र खुलेंगे पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल के मीरगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में तीन कांवरियों की मौत हो गई तथा छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये पटना जिला विद्यालय अंडर नाईनटीन रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब एएनएस हाई स्कूल बाढ़ ने जबकि बालिका वर्ग का खिताब संत जोसेफ हाई स्कूल बाढ़ ने जीत लिया है प्रतियोगिता का आयोजन कला संस्कृति और युवा विभाग ने किया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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री ने नई सड़क के एलायमेंट को मंजूरी दी पटना से राजगीर को जोड़ेंगी नई सड़क दैनिक जागरण की सुर्खी है एक अक्टूबर से फ्लोटिंग रेट पर होंगे होम पर्सनल और ऑटो लोन प्रभात खबर ने लिखा है आठ और पन्द्रह सितम्बर को मरम्मत कार्य के दौरान खुली रहेगी कोइलवर पुल की एक लेन

और आज शिक्षक दिवस है